श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना में तीन लाख करोड़ रूपये और और परियोजनायें शामिल की गई है यह बिजली रेलवे शहरी विकास सिंचाई और स्वास्थ्य से सम्बधित है

लगभग सभी रबी पैदा करने वाले राज्यों में मुदा में नमी होने से रबी की ब्आई में लगातार सुधार हआ है

अमेरिका ने जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ निय्क्त किये जाने बधाई दी है अमेरिका के राज्य विभाग ने कहा कि सीडीएस की भूमिका से दोनों देशों की सेनाओं की आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा

सीडीएस का पद तय करने की घोषणा प्रधानमंत्री दवारा इस वर्षअपने स्वंतत्रता दिवस के भाषण मे की गई थी कई अन्य देशों में भी इस नाम से था अन्य से यही पद मौजूद है इंगलैंड में संयुक्त ऑपरेशन की अवधारणा को दर्शाने के लिए सीडीएस पर उन्नीस सौ उनसठ में गठित किया गया

राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अन्रूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मुलमंत्र पर चलते हए समाज के सभी वर्गों के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए भाई भतीजावाद जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम किया राज्य सरकार दवारा ईज ऑफ लीविंग के लक्ष्य को पाने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जनसाधारण के जीवन को सरल बनाने की मुहिम चलाई गई लोगों को तेजी से बाधारहित और भ्रष्टाचारम्क्त सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के मकसद से राशन की सभी द्कानों को ईपीडीएस पोर्टल के माध्यम से जोडक़र उपभोक्ताओं को राहत पहंचाने का काम किया

किसानों को फसल बेचने में होने वाली परेशानी से बचाने और उनके एक एक दाने की खरीद स्निश्चित करने के मकसद से मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना श्रू की गई किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र में नये सुधार सबकी जिम्मेदारी है और नये वर्ष में नई रूपरेखा तैयार करके सम्बधित विभागों में तेज़ी लाई जायेगी श्री विज आज अम्बाला छावनी में लोगों की समस्याए स्नने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने लोगों को नव वर्ष की श्भकामनायें भी दी

हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि नए साल में जेलों में व्यापक सृधार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि जेल में स्रक्षा को लेकर नए साल में कदम उठाए जाएंगे उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों को अच्छा खाना म्हैया करवाया जाएगा सिरसा में जेलों के नाम परिवर्तन पर भी विचार किया जा रहा है